राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बापू की जयंती पर दी श्रद्वांजलि

कोविड उन्नीस दिशा निर्देशों का करना होगा पालन

बैठकों का दौर लगातार जारी

स्वस्थ होने की दर तिरानवे प्रतिशत हुई कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी एक सौ इक्यावनवीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है

तेईस जनवरी उन्नीस सौ अड़तालीस को एक भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि लोगों को वही अपनाना चाहिए जो अच्छा है और बुरा छोड़ना चाहिए साउंड बाईट मैं अहिंसा का पुजारी हूं मेरे पास तो एक बड़ा धर्म पड़ा है कि सब आदमी को गुणग्राही बनना चाहिए

इसी तरह से हमारे जो मलाई है मनुष्य के गुण हैं उसको मलाई की उपमा दी है वो ले लेना बाकि अवगुण है वो छोड़ देना राष्ट्रपिता की जयंती के अवसर पर देश विदेश के अनेक भागों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कोविड उन्नीस महामारी के कारण कई कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से हो रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर सर्वधर्म सभा आयोजित की गई है महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्वापूर्वक याद किया है इधर राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी एक सौ सोलहवीं जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है पूर्व मध्य रेलवे आज बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली के लिये स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा मूख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि वापसी में यह ट्रेन चार अक्टूबर को दिल्ली से खुलेगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज गांधी जयंती के मौके पर चंपारण में बापू की अदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगी इस वर्चुअल समारोह में सोनिया गांधी एक सौ इक्यावन स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को भी सम्मानित करेंगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को जनसभाओं की भी अनुमति होगी श्री अरोड़ा ने कल पटना में संवाददाताओं से कहा कि यह बात सही नहीं है कि विधानसभा चुनाव में केवल वर्चुअल रैलियां होंगी उन्होंने कहा कि जनसभाओं के लिये विभिन्न जिलों में मैदान और हॉल की पहचान कर ली गई है इनमें चुनावी सभाओं का आयोजन होगा लेकिन हरहाल में कोविड से बचाव के लिये तय किये गये मानकों का पालन करना होगा इसमें फेस मास्क दो गज की दूरी जैसी अन्य सावधानियां बरतनी होगी मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोविड उन्नीस महामारी के कारण जीवन के सभी पहलुओं में परिवर्तन हुए हैं इसलिए राज्य विधानसभा के चुनाव भी नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत ही कराये जायेंगे श्री अरोड़ा ने बताया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाताओं को कोविड उन्नीस से जुड़े विभिन्न एहतियाती पहलुओं की जानकारी देने के निर्देश दिये गये हैं

श्री अरोड़ा ने कहा कि चुनाव में कालेधन और अवैध धन के उपयोग पर नजर रखने के लिये दो विशेष व्यय पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जायेगी उन्होंने बताया कि मध्र महाजन और बालकृष्णन को दो विशेष पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति होगी ये दोनों आम तौर पर तैनात होने वाले व्यय आम और माइक्रो पर्यवेक्षकों से वरीयता में ऊपर होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदान की अवधि एक घंटा बढ़ाकर शाम छह बजे तक कर दी गई है भीड़ प्रबंधन के मद्देनजर अब एक मतदान केंद्र पर अधिकतम एक हजार वोटर हीं रहेंगे श्री अरोड़ा ने कहा कि इस चुनाव में अस्सी साल या उससे ऊपर के मतदाताओं और दिव्यांग वोटर को डाक मत पत्रों के जरिये मताधिकार की छूट होगी इसके लिये चुनाव अधिकारी वोटरों के घर से ही मतपत्र एकत्र करेंगे इधर राज्य सरकार ने मतदानकर्मियों के स्वास्थ्य सुरक्षा की परिधि और बढ़ा दी है इससे पहले चुनाव के दौरान दिहाड़ी और अनुबंध पर लाये गये मजदूरों को चुनावकर्मी जैसी पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती थी राज्य सरकार ने इसमें संशोधन करते हुये अब चुनावकर्मियों की तरह मजदूरों को इलाज की पूरी सुविधा देगी चुनाव अवधि में स्वास्थ्य खराब होने और घायल होने की स्थिति में अब इन सभी के इलाज में जो भी खर्च आयेंगे वो खर्च राज्य सरकार उठायेगी इसमें कोई अधिकतम और न्यूनतम सीमा की बाध्यता नहीं रहेगी चुनाव आयोग ने कोरोना से जंग जीतने वाले कैमूर के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को आईकॉन नियुक्त किया है इस संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कैमूर के जिलाधिकारी ने कोरोना को मात दिया है अभी के समय में इससे अच्छा आईकॉन कौन हो सकता है उन्होंने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को कैमूर के जिलाधिकारी को आईकॉन नियुक्त करने का आदेश दिया इधर विधानसभा चुनाव के नामांकन के पहले दिन तीन प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे दाखिल किये हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से दो निर्दलीय प्रत्याशियों धीरेन्द्र कुमार सिंह और संजीव कुमार सिंह ने नामांकन पत्र भरा है जबकि वजीरगंज से भी एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया विधानसभा चुनाव के लिये नामांकन की अधिसूचना के साथ ही राज्य की सीमाएं सील कर दी गई हैं निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सवा लाख पुलिसकर्मियों के साथ तीन सौ कंपनी केंद्रीय रिजर्व प्रलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है चुनाव आयोग के निर्देश पर एक दूसरे जिलों की सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाये गये हैं सघन निगरानी के लिये मजिस्ट्रेट की नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है चेक पोस्ट पर जांच पड़ताल कर ही वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है इसके अलावा पचास हजार से अधिक नकद लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है अभी तक सीटों के तालमेल को लेकर दोनों गठबंधन कोई निर्णायक फैसला नहीं ले सके हैं इधर एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा की केंद्रीय समिति की कल पटना में बैठक हुई इसमें बिहार के चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के अलावा अन्य सदस्य शामिल हुये बैठक में लोजपा और उसकी मांगों को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई इस बैठक में जदयू और भाजपा की कई मौजूदा जीती हुई सीटों पर किये गये दावों पर भी चर्चा हुई बैठक के बाद संजय जायसवाल ने बताया कि एनडीए में सीटों का फार्मूला लगभग तय हो गया है भाजपा से अधिक सीटों पर जदयू प्रत्याशी उतारेगा वहीं लोजपा ने भी सीटों को लेकर सहमति दे दी है उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय संसदीय बोर्ड लेगा वहीं महागठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर देर रात राबड़ी देवी के आवास पर बातचीत हुई पार्टी ने भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्या से बातचीत की गौरतलब है कि सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और भाकपा माले तैयार नहीं है कांग्रेस में भी सीटों के समझौते को लेकर विचार मंथन का दौर जारी है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि कांग्रेस हर परिस्थिति के लिये तैयार है वहीं दूसरी ओर जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमूख तथा बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अबेंडकर का समर्थन मिला है प्रकाश अंबेडकर ने विधानसभा चुनाव में प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन को समर्थन देने की घोषणा की है इधर प्लुरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी ने पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है प्रदेश के विभिन्न जिलों से पिछले चौबीस घंटों में कोविड उन्नीस के एक हजार तीन सौ सत्तर नये मामले सामने आये हैं संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख चौरासी हजार दो सौ छिहत्तर हो गयी है सबसे अधिक दो सौ उनसठ मामले पटना से सामने आये हैं पूर्णिया से छियानवे पूर्वी चंपारण से अस्सी मुजफ्फरपुर से पैंतालीस और बेगूसराय से चौवालीस मामले सामने आये हैं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में स्वस्थ होने की दर लगभग तिरानवे प्रतिशत हो गयी है अब तक एक लाख सत्तर हजार आठ सौ सड़सठ लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं इस वैश्विक महामारी से अब तक राज्य में नौ सौ छह लोगों की मौत हुई है दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने कोरोना के लक्षण दिखने पर लोगों को तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेने और जांच करवाने की अपील की है उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए साउंड बाईट आप जानते है कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आप छिपाने से न केवल अपने आप अस्वस्थ होंगे लेकिन आपके स्वजन परिवार में आपके आस पड़ोस में जो है इनको आप इनके लिए एक डेन्जर्स करेंगे तो इससे सबसे बड़ी बात है कि निडर होकर के सामने आए जब भी हमारे सिमटम्स जो कि ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया में और सभी माध्यम में हमें मालूम हो गया है कि जब ये आये तो हम स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचे हम बताए और इसका हम टैस्टिंग कराएं और जो भी डॉक्टर साहब का कहना है वो मानते हुए चले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिए वर्ष दो हजार इक्कीस की सेंटअप प्री बोर्ड की परीक्षा की तिथि जारी कर दी है प्री बोर्ड की परीक्षा चौदह से इक्कीस अक्टूबर तक होगी इस परीक्षा के लिये विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि सेंटअप परीक्षा की प्रायोगिक परीक्षा की तिथि भी शीघ्र ही जारी की जायेगी वहीं दूसरी ओर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं दो हजार इक्कीस के परीक्षार्थियों की उपस्थिति में पंद्रह प्रतिशत की छूट देगा ये छूट लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाये छात्रों की दी जायेगी दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिये पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है तेल कंपनियों ने व्यावसायिक गैस सिलिंडर की कीमतों में चौबीस रूपये पचास पैसे की वृद्धि की है बढ़ी हुई कीमत लागू हो गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की पटना में प्रेस कांफ्रेंस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है सोशल मीडिया पर तनाव बढ़ाने पर होगी कार्रवाई दैनिक जागरण का शीर्षक है कैमूर डीएम विधानसभा चूनाव के बनेंगे ब्रांड अंबेसडर दैनिक भास्कर ने सीट शेयरिंग की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है महागठबंधन में कांग्रेस राजग में लोजपा पर थोड़ी हां थोड़ी ना तीस पसंदीदा सीटों पर मान सकती है लोजपा प्रभात खबर का शीर्षक है भाजपा में रात तक होता रहा सीटों व उम्मीदवारों पर मंथन सीएम आवास पर जदयू की हुई बैठक आज अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है अब कांग्रेस और राजद के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स अमित शाह से चिराग ने की मुलाकात चार को होगी भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बापू की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

कोविड उन्नीस दिशा निर्देशों का करना होगा पालन

बैठकों का दौर लगातार जारी

स्वस्थ होने की दर तिरानवे प्रतिशत हुई